राज्य के पुलिस महानिदेशक एम वी राव ने आज चतरा मे पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सलरोधी अभियान को तेज करने पर दिया बल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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे

श्री मोदी ने कहा कि भारत प्राकृतिक गैस के उपयोग में चार गुणा बढोतरी करने के प्रयास भी कर रहा है ताकि देश की ऊर्जा की आवश्यकता पूरी की जा सके उन्होंने कहा कि कोरोना काल में डिग्री हासिल करना युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत बडी चुनौती है लेकिन हमारे विद्यार्थियों की क्षमताएं और योग्यताएं इस वैश्विक चुनौती से कहीं बडी हैं श्री मोदी ने गुजरात सरकार से इस विश्वविद्यालय का दायरा बढाकर पेट्रोलियम के साथ साथ समूचे ऊर्जा क्षेत्र को इसमें शामिल करने का आग्रह किया उन्होंने जरूरत पडने पर इसके लिए कानून में बदलाव करने का भी सुझाव दिया इससे पहले प्रधानमंत्री ने पांच अत्याधुनिक सुविधाओं का भी वींडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उदघाटन किया

इस बार कवि सम्मेलन और संगीत कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा कार्यक्रम के दौरान सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने नेतरहाट प्रवास के दूसरे दिन आज नेतरहाट आवासीय विद्यालय का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने कहा कि इस विद्यालय को ना सिर्फ राज्य बल्कि देश के गौरवशाली और प्रख्यात विद्यालय के रूप में जाना जाता है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थापना काल से ही यह विद्यालय नई ऊंचाइयों को छू रही है इस विद्यालय की अपनी एक अलग ही पहचान है इस विद्यालय की समृद्ध व्यवस्था को बनाए रखने में सरकार पूरा सहयोग करेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नेतरहाट जैसे विद्यालयों की जरूरत है इस विद्यालय की उर्जा का इस्तेमाल अन्य विद्यालयों की व्यवस्था को बेहतर और उत्तम बनाने में किया जा सकता है सरकार इस दिशा में बहत जल्द बड़े कदम उठाएगी

देर तक चले इस मैराथन बैठक में माओवादी गतिविधियों पर अंक्श लगाने के लिए आगे की रणनीति बनाने के साथ साथ कई योजनाबद्व उपायों पर विचार किया गया इस मौके पर डीआईजी एवी होमकर व एसपी ऋषभ झा समेत कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे पुलिस महानिदेषक एम वी राव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य से माओवादियों के खात्मा के लिए आगे की रणनीति बना ली गई है चतरा में हुए वारदात की घटना के बारे में डीजीपी ने कहा कि जांच के बाद और भी तथ्य एक दो दिनों में सामने आ जाएंगे इस मौके पर उन्होंने आम लोगों से भी अपेक्षित सहयोग की अपील की और कहा कि नक्सलियों के बारे में किसी भी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी पुलिस को निसंकोच उपलब्ध करायें

घटना की सूचना मिलते ही सिमरिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बचन देव कुजूर पत्थलगड़ा थाना प्रभारी निरंजन कुमार मिश्रा घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस को घटनास्थल से माओवादियों द्वारा छोड़ा गया पर्चा मिला है भाकपा माओवादियों ने पर्चा छोडकर घटना की जिम्मेवारी ली है और कोयला व्यवसायी मुकेश गिरी पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है मृत कोयला कारोबारी की पहचान तपसा निवासी मुकेश गिरि के रूप में की गई राज्य के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव शंभू प्रसाद से रंगदारी मांगने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र प्रसाद ने आज संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी उन्होंने बताया कि इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है चारों अपराधियों में इस्तियाक आलम उर्फ इश्तियाक अंसारी जुनेद आलम मुस्ताक अंसारी उर्फ प्रदीप पासवान और शेख अफजल शामिल है श्री झा ने बताया कि चारों अपराधियों ने डॉक्टर शंभू प्रसाद के मोबाइल पर मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी थी इस मामले में कांके थाना में मामला दर्ज कराया गया था

इस मामले में भी कांके थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी श्री झा ने बताया कि इन मामलों के उदभेदन के लिए एक टीम बनायी गयी थी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में संलिप्त अपराधियों को गुमला और रांची से गिरफ्तार किया है गिरफ्तार आरोपियों के पास से कांड में प्रयूक्त मोबाइल सिम कार्ड और अन्य सामानों की बरामदगी की गई है द्रमका जिले में पुलिस ने आज दो अलग अलग मामलों में दो बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है

दूसरी गिरफ्तारी जिले के तालझारी थाना क्षेत्र में गोली कांड के मुख्य अभियुक्त योगेश दास की हई है

दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है

स्थापना दिवस समारोह की शुरूआत में आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने एनसीसी की ओर से माल्यार्पण किया

बोकारो जिले मे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ महार्पव छठ संपन्न हुआ व्रतियों ने समाजिक दरी का पालन करते हुए घरों मे और नदी तलाबों के किनारे बने छठ घाटों पर विधि विधान से पुजा अर्चना की

पर्व के दौरान पूजा की सारी व्यवस्था सेंटल जेल प्रबंधन ने कराया मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में छठ पर्व करने की इच्छा रखने वाले कैदियों में पांच महिला बंदी भी शामिल थीं

इनमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है दोनों घायलों को चतरा सदर अस्पताल में रेफर किया गया है प्रत्यक्षदर्षियों ने बताया कि तीनों युवकों में से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना था मृतक की पहचान गिद्दौर निवासी तीस वर्षीय विकास कुमार साव के रूप में की गई खूँटी जिले के तोरपा प्रखण्ड अन्तर्गत सुन्दारी गाँव में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुण्डा हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मैच पांच दिनों तक खेला गया बिरसा मुंडा हॉकी टूनामेंट का फाइनल मैच अंबाटोली और जीआरडी खूँटी के बीच खेला गया जिसमें जीआरडी खूँटी की टीम ने दो गोल दाग कर अम्बाटोली की टीम को परास्त किया प्रथम पुरस्कार के रुप में विजयी टीम को इक्तीस हजार रूपये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा प्रदान किया गया साथ ही उपविजेता बनी अंम्बाटोली की टीम को ग्याहर हजार रूपये की राशि प्रदान की गई